बाढ़ के कारण प्रदेश में सैंतालीस लाख लोग प्रभावित पचहत्तर लोगों की मौत

प्रदर्शनकारियों के पथराव में कई लोग घायल

प्रदेश में लगभग सभी बड़ी नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है पिछले तीन दिनों से नेपाल और उसके तराई क्षेत्र में भारी वर्षा नहीं होने से बूढ़ी गंडक और गंडक के अलावा सभी नदियों का जलस्तर घटा है केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार बागमती कमलाबालान भूतही बलान लालबकिया कोसी महानंदा तथा अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर घट रहा है इधर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का कार्य चला रहा है आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार इस वर्ष विभिन्न जिलों में आयी बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर पचहत्तर हो गयी है प्रदेश के बारह जिलों के बानवे प्रखंडों के आठ सौ इकतीस पंचायतों की लगभग सैंतालीस लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं करीब एक लाख पंद्रह हजार की आबादी एक सौ सैंतीस राहत शिविरों में रह रही है प्रशासन की ओर से चलाये जा रहे ग्यारह सौ सोलह सामुदायिक रसोई घर के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों को तैयार भोजन मूहैया कराया जा रहा है सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि सीतामढ़ी शहर से बाढ़ का पानी निकलने लगा है जिन इलाकों में पानी घट रहा है वहां बीमारियों से बचाव के लिये कल से बड़े पैमाने पर दवा का छिड़काव किया जायेगा जिलाधिकारी रंजीत कुमार सिंह ने बाढ़ पीड़ितों के खाते में छह छह हजार रूपये की राशि भेजने के लिये आवश्यक प्रबंध करने को कहा है जिले में बाढ़ के कारण सत्रह लोगों की मौत हुई है मृतकों के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये का मुआवजा दिया जायेगा शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती नदी के जलस्तर में गिरावट के साथ ही बाढ़ की स्थिति सुधरने लगी है वहीं कटिहार जिले में शिवगंज के पास महानंदा नदी के कटाव के कारण बारसोई आजमनगर बलरामपुर कदवा प्राणपुर और डंडखोरा प्रखंड के बयालीस से अधिक पंचायतें प्रभावित हुई हैं इधर महानंदा नदी के तेज बहाव के कारण आज स्टेट हाईवे संख्या अंठानवे पर सुबह कटिहार डंडखोरा मार्ग पर एक पुलिया बह जाने से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से भंग हो गया है जिले के चौबीस पंचायत बाढ़ से प्रभावित है वहीं कदवा में कमरैली गांव के पास तेज बहाव में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गयी इधर प्रदेश में पानी के दबाव के कारण जर्जर तटबंधों के टूटने का सिलसिला जारी है दरभंगा जिले में कमला बलान नदी का पश्चिमी तटबंध ट्रटने से मनिगाछी प्रखंड के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं जिले के गौराबौराम प्रखंड में बाढ़ के पानी में दो किशोरों के डूबने की आशंका जतायी जा रही है दरभंगा जिले में बाढ़ पीड़ितों को उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे छह छह हजार रूपये की सहायता राशि भेजी जा रही है इधर मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड में चार स्थानों पर तटबंधों के टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है भाकपा माले ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाने में बुरी तरफ विफल साबित हुई है पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा ने समस्तीपुर में संवाददाताओं से कहा कि मधुबनी सीतामढ़ी और दरभंगा जिले में लोग जर्जर तटबंधों के टूटने की आशंका को लेकर डर के वातावरण में जी रहे हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चौवालीस से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है बल नौंवी बटालियन के कमांडेंट विजय सिन्हा ने बताया कि एनडीआरएफ की उन्नीस टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं उन्होंने कहा कि रिवर एम्बुलेंस के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है राज्य भर के नियोजित शिक्षक विभिन्न संघों के तत्वावधान में अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग इलाके में विरोध प्रदर्शन किया निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर विधानसभा का घेराव करने के लिये आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिये पुलिस ने उनपर लाठीचार्ज और पानी की बौछार की इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया इस कार्रवाई में दोनों पक्ष के कई लोगों को चोटें आयी है इस मामले में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी शिक्षकों को हिरासत में लिया है इधर विभिन्न शिक्षक संगठन के नेताओं ने प्रदर्शनकारियों की जल्द रिहाई की मांग की है शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने नियोजित शिक्षकों पर लाठीचार्ज की घटना पर खेद व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि शिक्षकों को उग्र प्रदर्शन की बजाय वार्ता के माध्यम से अपनी बात कहनी चाहिए निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज मुजफ्फरपुर जिले में सिकंदपुर के थानाध्यक्ष शंभू कुमार को पंद्रह हजार रूपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है थानाध्यक्ष जमीन के एक विवाद के समाधान के लिये शिकायतकर्ता से घ्रस ले रहा था मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई न्यायालय ने सभी चौवालीस पीड़ित लड़कियों के पुर्नवास के लिए कार्यक्रम बनाने को कहा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टीआईएसएस को पीड़ित लड़कियों के लिए पुर्नवास की योजना तैयार कर चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में ज्यादातर संज्ञेय अपराध के मामलों में कमी आयी है आज विधानसभा में गृह विभाग के बजट पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर देते हुए श्री कुमार ने कहा कि दुष्कर्म फिरौती के लिये अपहरण जैसे मामले कम हुए हैं वहीं साम्प्रदायिक सौहार्द और सद्भाव का वातावरण कायम रहने से दंगों में कमी आयी है

अदालत ने सभी दोषियों पर पच्चीस पच्चीस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है इधर बक्सर जिले के चर्चित योगिया हत्याकांड मामले में स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और अठारह अन्य को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है कटिहार जिले की त्वरित अदालत ने वर्ष दो हजार सात में हुई हत्या के एक मामले में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है

जमुई में एक विशेष अदालत ने एक लीटर शराब रखने के आरोप मे एक व्यक्ति को पांच वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया है नवादा जिले के उग्रवाद प्रभावित कौआकोल थाना क्षेत्र अंतर्गत आश्रम रोड में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्ताार किया गया प्रलिस ने बताया कि आश्रम रोड के पानी टंकी के पास एक निजी मकान में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चलायी जा रही थी छापेमारी में मौके से तीन देशी कट्टा एक बंदूक एयरगन समेत भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण और सामग्री जब्त की गयी सीतामढ़ी जिले के महिन्दवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोआही चौक के पास अपराधियों ने बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र से पांच लाख रूपये लूट लिये मामले की छानबीन की जा रही है

महिला आयोग की सदस्य चन्द्रमुखी देवी और आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ स्वाति जन सुनवाई के दौरान महिलाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगी पटना रिथत आदर्श केन्द्रीय कारा बेऊर में बंद दुर्दांत कैदियों के फरार होने की आशंका को लेकर खुफिया विभाग की जानकारी के बाद जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे हो रहा है सुधार

बाढ़ के कारण प्रदेश में सैंतालीस लाख लोग प्रभावित पचहत्तर लोगों की मौत

प्रदर्शनकारियों के पथराव में कई लोग घायल